धर्मशाला में आज प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ भाजपा के संगठनात्मक कार्यों पर भी असर डाला है इसके लिए अब अधिक समर्पण के साथ काम करने के उद्देश्य से कदम उठाए जाएंगे उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से सम्भव हो पाई है

अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आहवान किया है धर्मशाला में प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों से देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के हर राज्य को आपदा से उभरने में मोदी सरकार ने भरपूर मदद की है

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि एमएसपी पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है जयराम संवेदना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास फतेहपुर पहुंच कर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की सुजान सिंह पठानिया का हाल ही में निधन हो गया था इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह वनमंत्री राकेश पठानिया पूर्व सांसद कृपाल परमार व अन्य व्यक्ति भी मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने और ग्रामीण स्तर पर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आहवान किया है किन्नौर जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज रिकांगपिओ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है इसलिए महिलाओं को खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में नीति निर्धारण व विकास गतिविधियों में आगे आना चाहिए राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि निचले स्तर पर विकास के मामले में वे हर स्तर पर सहयोग का प्रयास करेंगे बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के लिए अधिक सार्थक है उन्होंने स्थानीय शिल्पकला बुनाई व अन्य उत्पादों की व्यापक स्तर पर विपणन और प्रचार की जरूरत बताई

निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि एक माह की प्रशिक्षण संबंधी सूचना निगम की वैबसाईट डब्लयू डब्लयू डब्ल्यू डॉट एचआरटीसी एचपी डॉट कॉम पर उपलब्ध करवाई गई है